मैग्नीफिसेंट एमपी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आज इन्दौर में मैग्नीफिसेंट एमपी सम्मेलन की शुरूआत हुई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर सीआईआई द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उदघाटन किया और प्रमुख उद्योगपतियों से भी मुलाकात की वे कल मैग्नीफिसेंट एमपी सम्मेलन का विधिवत उदघाटन करेंगे इस सम्मेलन में देश भर के जाने माने उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं सम्मेलन से पहले विभिन्न क्षेत्र में निवेश के कई प्रस्ताव सरकार को मिले हैं

इनमें इजराइल की दो कंपनियों के अलावा ब्राजील जापान नार्वे और अमेरिका की कंपनियां शामिल है

इसमें प्रमुख उद्योगपतियों के अलावा मुख्य सचिव एस आर मोहंती सहित कई अधिकारी अलग अलग विषयों पर प्रस्तुतिकरण देंगे झाबुआ चुनाव प्रदेश के झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर यहां भाजपा प्रत्याशी को समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर चुके हैं

इस क्षेत्र से विधायक जीएस डामोर के सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा हैं वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तैयारी की जा रही है इसके लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है इस क्षेत्र में संघन जांच पड़ताल और कड़ी चौकसी बरती जा रही है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण तोमर ने भोपाल में बताया है कि उपचुनाव एक्जिट पोल पर पाबंदी लगाई गई है मतदाताओं को मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है

महोत्सव के दूसरे चरण का समापन आज सागर में हुआ यहाँ दो दिवसीय आयोजन के दौरान देश भर के अनेक आने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी

स्थापना दिवस मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर को समारोह पूर्वक मनाया जायेगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे अपर मुख्य सचिव केके सिंह की अध्यक्षता में भोपाल में हुई बैठक में स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया

इस पर करीब पांच करोड़ रूपये की लागत आयेगी सोलर ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव मनु श्रीवास्तव ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इससे सस्ती बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा श्री श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य की बिजली खपत में एक चौथाई हिस्सा नवकरणीय ऊर्जा का है सरकार द्वारा इस ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

अधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंडीदीप में यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर क्रियान्वित किया जा रहा है दस मैगावॉट से अधिक के सौर संयंत्रो की स्थापना की जा रही है इसमें सभी बड़ी इकाइयों को शामिल किया गया

उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये संभाग के सभी कलेक्टर से कहा कि वे आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम और सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन को वह सर्वोच्च प्राथमिकता दें

इसका उद्देश्य अभिभावकों को उनके बच्चों के शैक्षणिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है ताकि शैक्षणिक सुधारों के लिये अभिभावकों को भी जागरुक किया जा सकें

संभागायुक्त आनंद शर्मा कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये

ग्राम विकरा में यात्रा की शुरूआत करते हुए श्री सिंह ने लोगों को पर्यावरण जल संरक्षण और स्वछच्ता की शपथ दिलाई

एम्स परिसर में हुई इस बैठक में कई सांसद भी शमिल हुये